राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ का दो दिवसीय सम्मेलन कल से शिमला में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन करेंगी शुभारम्भ आशूरा ए मुहर्रम पर प्रदेशमर में शिया समुदाय के लोगों ने निकाले ताजिये

नड्डा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला के रिज मैदान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया इस मौके पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी उनके साथ मौजूद रहे

उन्होंने अपनी कर्मभूमि शिमला से इस कार्यक्रम को शुरू करने पर खुशी जताई और लोगों से गंदगी न फैलाने का आहवान करते हुए कहा कि गंदगी बीमारी का मूल स्रोत है ऐसे में स्वच्छता की तरफ सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत की निशानी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान की दुनियाभर में सराहना की जा रही है इस कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की एनएसएस इकाई की छात्राओं ने मी हिस्सा लिया और शहर की जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया लो कार्पण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने सरकारी आवास ओकओवर और प्रदेश सचिवालय में प्रतिक्षा कक्षों का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में उनसे और मंत्रियों से अपने कार्य को लेकर मिलने आने वाले लोगों को उपयुक्त प्रतीक्षा कक्ष न होने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ता था उन्होंने बताया कि ओकओवर में अढ़ाई सौ और सचिवालय के प्रथम तल पर बने प्रतीक्षा कक्ष में सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था है संसदीय संघ शिमला विधानसभा परिसर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का दो दिवसीय सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है सम्मेलन का शुभारम्म लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन करेंगी शिमला पहुंचने पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के साथ उनका अभिनंदन किया इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया सम्मेलन के दौरान ई विधान प्रणाली पर चर्चा के अलावा नशा मुक्त समाज और लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने पर भी चर्चा की जाएगी

औचक निरीक्षण चंबा जिले के दो विधायकों पवन नैयर और जिया लाल ने आज जवाहर लाल नेहरू मैडिकल कॉलेज चम्बा का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने जहां अस्पताल में दाखिल रोगियों की परेशानियों को जाना वहीं गत दिनों लूणा में हुई बस दुर्घटना के घायलों का कुशलक्षेम भी पूछा अस्पताल में मर्ती मरीजों ने विधायकों को स्टाफ के दुर्व्यवहार और यहां फैली गंदगी की शिकायत की

विधायक ने प्रबंधन को मुरम्मत का काम कर रही कम्पनी को नोटिस देने और जल्द काम न करने की स्थिति में कम्पनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी उन्होंने प्रबंधन को कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और खामियों को जल्द दूर करने के मी निर्देश दिए शिमला उत्सव चार दिवसीय शिमला उत्सव बीती शाम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया इसका शुभारम्म राज्यपाल आचार्य देववत ने किया शिमला उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने हिस्सा लिया इस मौके पर शिमला उत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष व उपाय्क्त अमित कश्यप ने राज्यपाल को शॉल टॉपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया मुकेश अग्निहोत्री भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिकिया देते हुए कहा कि इस बैठक में पारित राजनैतिक प्रस्ताव में कोई नई बात नहीं कही गई है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मार्केटिंग भाजपा को संजीवनी नहीं दे सकती अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में जिस तरह से मंहगाई का मुद्दा उठा उससे साफ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भी मंहगाई को लेकर आकोश है अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मंहगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे होंगे दुर्घटना चम्बा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कांदू में आज सुबह एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई जबकि उनकी तीन वर्षीय बच्ची सहित परिवार के अन्य दो सदस्य घायल हो गए जानकारी के मुताबिक ये कार चम्बा से पठानकोट जा रही थी

इस दिन पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है हजरत इमाम हुसैन ने कर्बला में सच्चाई नेकी और न्याय को कायम रखने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी इस लिए हजरत हुसैन की याद में ताज़िये निकाले जाते हैं इस मौके पर कर्बला में हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाता है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में शिया समुदाय के लोगों ने ताजिये निकाले और हजरत हुसैन की शहादत को याद किया मे ला प्रदेश का प्रसिद्ध पारम्परिक राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला आज सिरमौर जिला के सराहां में शोभायात्रा के साथ शुरू हुआ सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने वामन भगवान की पालकी में कंधा लगाकर शोभा यात्रा का शुभारम्भ किया जिसमे बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इस मौके पर भगवान वामन की पालकी का सराहां बाजार के सरोवर में नौका विहार भी कराया गया उपायुक्त ललित जैन ने कहा कि मेले और त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं और जिन्हें संजोए रखने में एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी उदघाटन किया शोभायात्रा में स्थानीय विधायक सुरेश कश्यप सहित अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे

प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्ख् की अध्यक्षता में हो रहे इस कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और शक्ति कार्यक्रम के राष्ट्रीय समन्वयक सुशांत शुक्ला विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे पार्टी प्रवक्ता संजय चौहान ने कहा कि शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य कांग्रेस परिवार को एकसूत्र में जोड़ना और उसे शक्ति प्रदान करना है उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम ब्थ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस की आवाज बनेगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

सुभाष ठाकूर जिला बिलासपुर खोल हब बनने की ओर अग्रसर है और यहां जल थल और वायु खेलों की अपार सम्मावनाएं हैं ये बात सदर के विधायक सुभाष ठाकूर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारम्म पर एक जनसभा में कही उन्होंने कहा कि बिलासपुर में साहसिक खेलों के भव्य आयोजन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है जिससे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहां पैराग्लाईडिंग और जलक्रीड़ा की स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे

जिला सिरमौर में प्रशासन ने इन दो दिनों में लोगों को नदी नालों और खड्डों के समीप न जाने की सलाह दी है उपायुक्त ललित जैन ने लोकनिर्माण विभाग को सड़कों को रखरखाव और आवश्यक मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके